देश के अन्य राज्यों और कोन्द्रशासित प्रदेशों में गणना का कार्य अगस्त और सितंबर में किया जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा करवाई जा रही इस गणना का उद्देश्य देश में सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों के संचालन और उनकी संरचना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग तरह की जानकारियां उपलब्ध कराना है यह आंकड़े राज्य और जिला स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने में काम आते हैं

जाईका परियोजना प्रदेश में फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई फसल विविधिकरण प्रोत्साहन योजना किसानों की आय बढ़ाने तथा क्रषि गतिविधियों में विविधता लाने में वरदान सिद्ध हो रही है

ओंकार शर्मा ने बताया कि इस परियोजना को अब प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा बाघ दिवस आज विश्व बाघ दिवस मनाया जा रहा है ये दिन हर वर्ष बाघों के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिये मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एक समारोह में बाघों की संख्या के नए आंकड़े जारी करेंगे मिंजर मेला चम्बा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला कल पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ आरम्भ हो गया

चंबा से हमारे प्रतिनिधि विकास ठाकुर ने बताया है कि पहली सांस्कृतिक संध्या का आगाज कल पारंपरिक कुंजड़ि मल्हार गीत के साथ हुआ इसके अलावा हास्य कलाकार पद्मश्री डॉ सुनील जोगी ने अपनी प्रस्तुती से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और दिव्यांग बच्चों द्वारा व्हील चेयर पर प्रस्तुत नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहा आज की सांस्कृतिक संध्या चंबा के स्थानीय कलाकारों के नाम रहेगी मौसम प्रदेश में मॉनसून इन दिनों पूरी तरह सक्रिय है राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उत्तराखंड के मसूरी में हई बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल समेत हिमालयी राज्यों ने केन्द्र सरकार से मांगा ग्रीन बोनस पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल को वन संपादा के पूर्ण दोहन पर पाबंदी की एवज में मिले समुचित मुआवजा दिव्य हिमाचल लिखता है वन बचाने के एवज में मुआवजा दे केन्द्र दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी दी है वन संपदा की एवज में हिमाचल को मिले दो हजार करोड़ दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं हिमालयी राज्यों को वन संरक्षण की कीमत अदा करे केन्द्र दैनिक भास्कर की खबर है श्रीखंड यात्रा में तीन श्रद्वालुओं की मौत दो दिल्ली और एक शिमला का रहने वाला ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही कारण दैनिक जागरण का शीर्षक है खराब मौसम ने ली श्रीखंड गए तीन श्रद्वालुओं की जान पंजाब केसरी व हिमाचल दस्तक की एक जैसी सुर्खी है श्रीखंड यात्रा के दौरान तीन श्रद्धालुओं की मौत मिंजर मेला पर दिव्य हिमाचल लिखता है चंबा में उड उड कुंजड़िए गूंजने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आगाज आठ दिन के उत्सव का विधानसभा उपाध्यक्ष ने किया शुभारम्भ अमर उजाला का शीर्षक है हिन्द्र मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक चंबा मिंजर मेला शुरू पंजाब केसरी के शब्द हैं विजय समृद्धि व हिन्दू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक मिंजर मेला

दैनिक जागरण की एक खबर है धर्मशाला उपचुनाव प्रदेश कांग्रेस ने सुधीर के नाम पर भरी हामी दिव्य हिमाचल का शीर्षक है धर्मशाला से फिर सुधीर शर्मा पर दांव